लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा कर दिया गया है राष्ट्रीय जनता दल बीस कांग्रेस नौ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पांच हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी तीन तीन सीटों पर चुनाव लड़ेंगी पटना में आयोजित महागठबंधन की संयुक्त बैठक में राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने बताया कि शरद यादव और सीपीआई एमएल के एक उम्मीदवार को राजद के चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में उतारा जायेगा श्री झा ने बताया कि गया से हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी और औरंगाबाद से हम पार्टी के ही उपेन्द्र प्रसाद चूनाव लड़ेंगे वहीं नवादा से राजद की विभा देवी और जमूई से रालोसपा के भूदेव चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है उन्होंने बताया कि नवादा विधानसभा उपचुनाव के लिए हम के वीरेन्द्र कुमार सिंह और डेहरी विधानसा उपचुनाव के लिए मोहम्मद फिरोज हुसैन को उम्मीदवार बनाया गया है श्री झा ने बताया कि राज्यसभा चूनाव में महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करेंगे एनडीए के घटक दल भाजपा जदयू और लोजपा अपने अपने उम्मीदवारों की सूची कल जारी करेंगे पटना में आयोजित संयुक्त बैठक के दौरान एनडीए के घटक दल के सभी नेता उपस्थित रहेंगे गौरतलब है कि लोकसभा की चालीस सीटों के लिए भाजपा और जदयू सत्रह सत्रह जबकि लोजपा छह सीटों पर चुनाव लड़ रही है लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिये अब तक पंद्रह नामांकन भरे गये हैं आज बिहार दिवस के अवसर पर अवकाश होने के कारण नामांकन पत्र नहीं भरे गये पहले चरण के लिये नामांकन पच्चीस मार्च तक जबकि दूसरे चरण के लिये छब्बीस मार्च तक भरे जा सकते हैं विधानसभा उपचुनाव के लिए अभी तक एक भी नामांकन नहीं हुआ है चुनाव आयोग की टीम लोकसभा चुनाव की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए कल भागलपुर आ रही है इस टीम का नेतृत्व आयोग के उपचुनाव आयुक्त चन्द्रभूषण कुमार करेंगे आयोग की टीम भागलपुर में दूसरे चरण के मतदान की तैयारियों की समीक्षा करेगी अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया है कि समीक्षा बैठक के दौरान भागलपुर के जिलाधिकारी के अलावा वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवी पैट पर्ची के नमूने के आकार पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है चुनावों के दौरान वीवी पैट स्लिप काउंट की बढ़ी हुई प्रतिशत के लिए अलग अलग मांगों के मद्देनजर आयोग ने इस संस्थान को व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करने और ईवीएम काउंट की इलेक्ट्रॉनिक गिनती के लिए वीवी पैट स्लिप सत्यापन के मुद्दे की जांच करने का काम सौंपा था नवादा के उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीनिवास ने बताया है कि लोकसभा चूनाव में मतदाता पर्ची पहले से तीन गुना अधिक बड़ी होगी इस पर्ची में एक तरफ मतदाता का पूरा विवरण जबकि दूसरी तरफ मतदान केन्द्र का स्थान अंकित रहेगा आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कटिहार जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी श्रीमति पूनम के निर्देश पर भाजपा के विधान पार्षद अशोक अग्रवाल के सहायक गौरव कश्यप समेत छह लोगों के विरुद्ध कटिहार सहायक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है डिब्रूरगढ़ से चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन में आज कटिहार न्यूजलपाईगुड़ी रेलखंड के चट्टरहाट और निजवाड़ी स्टेशन के बीच इंजन में शार्ट सर्किट की वजह से आग लग गयी अगलगी की इस घटना में दो यात्रियों की चलती ट्रेन से कूदने के दौरान मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया कटिहार रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सीपी गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद ट्रेन के ईंजन में आग लगने की घटना की जांच के आदेश दिये हैं होली के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे कई विशेष ट्रेनों का परिचालन कर रहा है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि बरौनी से नई दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन के लिए तेईस और चौबीस मार्च को विशेष ट्रेने चलाई जाएगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सशस्त्र बलों का बार बार अपमान करने पर विपक्ष की आलोचना की है श्री मोदी ने टवीट संदेश में कहा कि उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वे विपक्षी नेताओं के बयानों पर सवाल उठाएं कांग्रेस की ओर से विदेश मामलों को देखने वाले सैम पित्रोदा के सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऐसे बयान देकर कांग्रेस मान रही है कि वह आतंकी ताकतों का जवाब नहीं देना चाहती वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बालाकोट में भारतीय वायु सेना की कार्रवाई पर सैम पित्रोदा की टिप्पणी की तीखी आलोचना की है भाजपा मुख्यालय में श्री जेटली ने कहा कि पित्रोदा को लगता है कि भारत ने जो किया वो गलत है जबकि किसी अन्य देश ने और यहां तक कि इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी ने भी इन हवाई हमले की आलोचना नहीं की बिहार आज अपना एक सौ सातवां स्थापना दिवस मना रहा है आज ही के दिन उन्नीस सौ बारह में बंगाल प्रेसीडेंसी का विभाजन कर अलग बिहार बनाया गया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं एक ट्वीट में श्री मोदी ने कामना की है कि राज्य प्रगति के पथ पर है और विकास के नये मानक स्थापित करता रहेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई देते हुये उनके समृद्ध शांतिपूर्ण और उज्जवल भविष्य की कामना की है राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई दी है अपने संदेश में इन्होंने कहा है कि बिहार शिक्षा शांति सुसंस्कृति साधना अहिंसा और समरसता की पावन भूमि है इन्होंने राज्य के समग्र विकास और नवनिर्माण के लिए लोगों से संकल्पित होकर राष्ट्रीय एकता और सद्भावना को भी सुद्रढ़ और सशक्त बनाने का अनुरोध किया है इस अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में तीन दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि बिहार दिवस के मौके पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है रोहतास दरभंगा समस्तीपुर अरवल शेखपुरा और जमुई जिले में इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली जगह जगह निबंध भाषण और पेंटिंग सहित अनेक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बिहार के महान सप्रतों के योगदान की लोगों को जानकारी दी गयी और राज्य के विकास में सभी को मिलकर काम करने के लिए भी प्रेरित किया गया उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य में देहदान के लिए मानक प्रक्रिया तैयार की जा रही है श्री मोदी ने यह बातें आज पटना में दधीचि देहदान समिति के तहत इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही उन्होंने कहा कि बहुत जल्द प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में आई बैंक काम करना शुरू कर देगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से है कोष के संचार निदेशक गैरी राइस ने बताया कि पांच वर्ष में भारत में कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किये गये है और उच्च विकास दर बनाये रखने के लिए अभी और सुधार किये जाने चाहिए श्री राइस ने बताया कि भारत में पिछले पांच साल में वृद्धि दर करीब सात प्रतिशत रही है केन्द्र सरकार ने आज कहा कि चालू वित्त वर्ष में विनिवेश लक्ष्य से पांच हजार करोड़ रुपये अधिक रहा एक ट्वीट में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि विनिवेश से अस्सी हजार करोड़ रूपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया था जबकि लगभग पच्चासी हजार करोड़ रूपये प्राप्त हुए हैं पटना मध्य के प्रलिस अधीक्षक प्राणतोष कुमार दास ने शराब के नशे में पकड़े गये कदमकुआं थाने में पदस्थापित अवर निरीक्षक को निलंबित कर दिया है लोजपा नेता साधना देवी के पुत्र शिवम कुमार की हत्या के मामले में मुंगेर पुलिस ने त्वरित काररवाई करते हुए घटना के बारह घंटों के अन्दर सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है शिवहर जिले के श्यामपुर भटहा थाना क्षेत्र के लालगढ़ गांव में पोखर में स्नान के दौरान डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई भोजपुर पुलिस ने आरा सासाराम मार्ग से पांच अपराधियों को पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है पश्चिम चंपारण जिले के लौकरिया थाना क्षेत्र के बकुली गांव से पुलिस ने कुख्यात अपराधी राजेन्द्र चौधरी को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधी की पुलिस को हत्या लूट अपहरण समेत कई आपराधिक मामलो में लंबे समय से तलाश थी